इनमें सर्वाधिक मरीज रामगंज इलाके में हैं

यहां जिला प्रशासन जिले को संकमण मुक्त रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त कर स्थानीय समिति को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है

जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने किया

पाली के लापोद गांव में एक युवक में संकमण मिलने पर गांव के सात किलोमीटर दायरे में सर्वे करवाकर सैनेटाइजर स्प्रे करवाया जायेगा बाडमेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बाडमेर के मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कोरोना की जांच शुरू कर दी जाएगी

उन्होंने कल वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए गृह विभाग और वरिष्ठ पूलिस अधिकारियों के साथ राज्य में स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों का घरों में रहना जरूरी है इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस महामारी के रोगियों का उपचार कर रहे चिकित्सकों और स्क्रीनिंग कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों की पुख्ता सुरक्षा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा प्रदान करना हम समी की जिम्मेदारी है श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही अफवाहों और गलत सूचनाओं पर पुलिस अधिकारी प्रभावी अंकुश लगाएं

इन आपत्तिजनक संदेशों पर नियन्त्रण और कानूनी कार्रवाई के लिहाज से एटीएस और एसओजी में एक एक विशेष सेल गठित की गई है

इनमें कहा गया है कि एकांतवास की सुविधा मुख्यतः शहर के बाहरी ईलाकों में स्थापित की जानी चाहिए और ऐसे प्रंबंध होने चाहिए कि अलग रखे गये व्यक्ति और स्वास्थ्य सेवाकर्मियों या उनका सहयोग करने वाले कर्मचारियों के बीच बातचीत कम से कम हो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की वेबसाईट पर पोस्ट किए गए इस परामर्श में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति को अलग रखने के केन्द्र के समग्र समन्वय और निगरानी के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रभावी या नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए

उपभोक्ता कार्य सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में राज्य पुलिस के सहयोग से वस्तुओं की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा है ये नोडल अधिकारी पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली कंपनियों और संगठनों को अधिकार पत्र भी जारी करेंगे

श्री मोदी ने स्वयं लैम्प जलाते हुए अपना फोटा साझा किया

कई जगह पर आतिशबाजी भी की गई

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

प्रदेश में भी भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में श्रद्वा के साथ मनाया जा रहा है देशभर में लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण इस बार जैन मंदिरों में किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं होंगे और भगवान महवीर की शोभायात्रा भी नहीं निकाली जायेगी